भेजे जायेंगे जेल

बिहार में कल एक भी मरीज नहीं पाया गया पॉजिटिव बिहार में लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी और उन्हें जेल भेजा जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने लॉक डाउन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इन्फोर्समेंट सेल के गठन का आदेश दिया है यह सेल अपने जिले में लॉक डाउन को सख्ती से लागू करेगा इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटी राज्य के सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है जिलों की सीमाएं भी सील कर दी गयी हैं श्री पांडेय ने बताया कि नेपाल के सीमावर्ती जिलों में अधिक सतर्कता बरती जा रही है कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट को देखते हुए तीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूर्ण बंदी की घोषणा की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मूख्य सचिवों से कहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करें और इनका पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें

उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रही है और राज्यों से कहा गया है कि वे कोरोना रोगियों के इलाज के लिए अलग से अस्पताल तैयार करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से नोवल कोरोना के कारण कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव के बावजूद मानवीय आधार पर कामगारों की संख्या कम नहीं करने का आग्रह किया एसोचौम फिक्की सीआईआई और देशभर के अट्टारह शहरों के कई स्थानीय परिसंघों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संवाद में श्री मोदी ने कहा कि जहां तक सम्भव हो वे टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने को कहें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर असर नहीं पड़ना चाहिए और इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए चिकित्सकों के परामर्श का पालन करते हुए फैक्ट्रियों कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों पर सफाई रखें उन्होंने उद्योगपतियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कोष का इस्तेमाल विश्व महामारी की इस मुश्किल घड़ी में मानवीय कार्यों के लिए करने का आग्रह किया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी निजी और सार्वजनिक उपक्रमों को परामर्श जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन न काटें और उन्हें सवैतनिक छूट्टी दें यदि कोई श्रमिक छुट्टी लेता है तो उस अवधि का उसका वेतन न काटा जाए कोविड नाईनटीन के कारण कामकाज नहीं होता है तो ऐसी इकाइयों के कर्मचारियों को काम पर माना जाए कर्मचारी निधि कोष संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों को पेंशन समय पर दिए जाने का निर्देश दिया है संगठन के फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया है कि पच्चीस मार्च तक इस महीने की पेंशन जारी कर दें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि पंद्रह हजार संग्रह केंद्रों वाली बारह निजी प्रयोगशालाओं में जांच शुरू कर दी गयी है अब तक दो किट विनिर्माताओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है

कल आधी रात से सभी घरेलू वाणिज्यिक उड़ानें बंद कर दी गई हैं

चौंतीस पीडितों को इलाज के बाद अस्पताल से छूट्टी दे दी गई है कोरोना वायरस से अब तक नौ लोगों की मौत हुई है इधर बिहार में कल जांच किये गये इकसठ नमूनों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है प्रदेश में अब तक एक सौ पचासी नमूने एकत्र किये गये हैं जिनमें एक सौ सत्ताईस की रिपोर्ट निगेटिव पायी गयी है जबकि तीन मामले पॉजिटिव आये हैं इनमें से एक की मौत हो गयी जबकि एक का पटना एम्स और एक का एनएमसीएच में इलाज चल रहा है पांच सौ सैंतालीस लोगों पर निगरानी की जा रही है जबकि एक सौ बाईस चिन्हित लोगों ने चौदह दिन की निगरानी की अवधि पूरी कर ली है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 बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और वुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हाथों को वार वार सावन पानी से धोए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिस्यू पेपर रखना चाहिए

राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गयी हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि अस्पतालों में भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि सामान्य मरीज जिले के कंट्रोल रूम में फोन कर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वाणिज्य कर विभाग ने बकाया नहीं चुकाने वाले व्यापारियों के बैंक एकाउंट को जब्त करने का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इकतीस मार्च तक के लिए मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य स्थगित कर दिया है इसके अलावा इकतीस मार्च तक के लिए नियमित टीकाकरण और ऑनलाईन म्यूटेशन का काम स्थगित कर दिया गया है बांका जिले में आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें सुबह सात बजे से दस बजे और शाम चार बजे से सात बजे तक खूली रहेगी मुजफ्फरपूर में कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धावा दल का गठन किया है रोहतास जिले में इकतीस मार्च तक एक अवकाशकालीन कोर्ट खुला रहेगा जो आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा दरभंगा जिले में पिछले पन्द्रह दिनों के अंदर बाहर से आये लोगों का आशा कार्यकार्ताओं द्वारा सर्वेक्षण करवाया जायेगा औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के कनौदी गांव के समीप लहंग स्थान पर पूलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई में ढाई ढाई किलो के चौंसठ लैंडमाइंस बरामद किए गए अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर पूरे देश में लॉक डाउन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज से जुड़ी खबरों को दैनिक भास्कर राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर जगह दी है

भेजे जायेंगे जेल

बिहार में कल एक भी मरीज नहीं पाया गया पॉजिटिव